इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि टीका उत्सव एक तरह से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरूआत है एक ट्वीट कर श्री मेादी ने कहा कि इसमें हमें साफ सफाई पर विशेष बल देना है उन्होंने कहा कि हमें चार बातें जरूर याद रखनी है इच वन वैक्सीनेट वन यानि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं बूज़र्ग हैं जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते उनकी मदद करें इच वन ट्रीट वन यानि जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है जिन्हें जानकारी भी कम है उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें इच वन सेव वन यानि मैं स्वयं भी मास्क पहनू और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं इस पर बल देना है और चौथी अहम बात किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइको कन्टेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है वहां परिवार के लोग समाज के लोग माइको कन्टेनमेंट जोन बनाएं

इससे पहले कल भी देर रात मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा गंभीर साबित हो रही है ऐसे में सरकार के साथ प्रदेशवासियों का सहयोग अपेक्षित है मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के जरिये कहा कि खांसी जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखने पर भी कोरोना की आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आए तो डॉक्टर की सलाह से डी डाइमर टेस्ट और सीटी स्कैन भी करवाएं प्रदेश में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है झुंझुनूं सांसद नरेन्द्र कुमार ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और ज्यादा से ज्यादा लोगों से टीका लगवाने की अपील की धौलपुर जिले में कई सामाजिक संगठनों की ओर से कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं

जिले में बढ़ते कोरोना संकमण के चलते जिला प्रशासन व्यापार संघ और सामाजिक संगठनों की सहमति से इस महीने हर रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है इसी के तहत आज बाजार बंद है सवाई माधोपुर जिले में भी आज बाजार पूरी तरह बंद रहे

इनमें नारी शक्ति प्रसकार से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी भी शामिल थी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण करेंगे

उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले का महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता आज कस्तूरबा गांधी जयंती है इस मौके पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वतंत्रता आदोलन में महात्मा गांधी के साथ किया गया उनका योगदान अविस्मरणीय है